एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला सर्वसम्मति से चुने गए लोकसभा अध्यक्ष

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेशभर में तैयारियां जारी राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा मंत्रिमंडल राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रतिनिधियों का मानदेय इस वर्ष पहली अप्रैल से बढ़ाने पर मुहर लगाई गई इसके अलावा बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए

बैठक में उज्जवला गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त रिफिल गैस सिलेंडर मुफ़्त देने का भी फैसला लिया गया है

वहीं महिला विकास निगम द्वारा स्वरोजगार शुरू करने के लिए डेढ़ लाख रूपये तक के ऋण की सुविधा का लाभ लेने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय को बढ़ाकर एक लाख रूपये करने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति दी गई

कांग्रेस डीएमके तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना सहित सभी प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ओम बिड़ला का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की घोषणा की इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिड़ला को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन जनसेवा में लगा दिया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज नगर निगम शिमला द्वारा रिज मैदान के साथ लगते क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया बाद में पत्रकारों में अनौपचारिक बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक उष्मीकरण एक गंभीर चुनौती बन गया है और पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शहरों और कस्बों को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए महापौर कुसुम सदरेट और उपमहापौर राकेश शर्मा सहित निगम के कर्मियों ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी ग्राम पंचायत प्रधानों को बरसात में वर्षा जल संग्रहण व संरक्षण के लिए एक पत्र लिखा है जिसे इन ग्राम सभा की बैठकों में पढ़ा जाएगा प्रधानमंत्री ने इसे जन आंदोलन का रूप देने को कहा है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा और युवाओं को जोड़ने के लिए जल्द ही एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा शिमला जिले के ठियोग में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार से निराश होने की जरूरत नहीं है और कार्यकर्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के बीच जाएं राठौर ने कार्यकर्ताओं से अन्शासन में रह कर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का आहवान भी किया शहीद जम्मू कश्मीर के अन्नतनाग जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल के सरोह गांव के राइफलमैन अनिल कुमार जसवाल का आज उनके पैतुक गांव में पूरे सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें अश्रपूर्ण विदाई दी पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने राज्य सरकार की ओर से पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए

राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होगा जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार मौजूद रहेंगे

इसके अलावा स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग सामूहिक तौर पर योग की क्रियाएं करेंगे इसी तरह जिला स्तर पर भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे जागरूकता रैली इस बीच सोलन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया रैली में विभिन्न सरकारी व गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया इस दौरान योग व प्राणायाम के महत्व से संबंधित स्लोगन प्रदर्शित किए गए स्ट्राईक मण्डी जिले के स्वास्थ्य केन्द्र थाची में महिला डॉक्टर से कथित छेड़छाड़ व मारपीट के खिलाफ कुल्लू जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों ने आज दो घंटे की पैन डाउन स्ट्राईक की हिमाचल मैडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आहवान पर ये हड़ताल की गई डॉक्टरों ने आरोपी को जल्द पकड़ने और सभी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों व स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमर ठाकुर ने सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है

प्रमुख पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे पर इन दिनों रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं

इधर मैदानी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक कुल्लू मनाली में ब्यास नदी में राफ्टिंग आनंद ले रहे हैं

इन अभ्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर पुलिस भर्ती की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है